आज देशभर में गुड फ़ाइडे मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा गुड फ़ाइडे हमें ईसा मसीह के संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाता है कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 देश में कोविड टीकाकरण के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केन्द्र ने सरकारी और प्राइवेट दोनों कोविड टीकाकरण केंदों को इस महीने सप्ताह के समी दिन खुला रखने का फैसला किया है केंद्र ने समी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के सातों दिन खुला रखें ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रहेंगे

वहीं दुमका में एक मरीज की मौत हुई है इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की दर भी घटकर छियानबे दशमलव चार दो प्रतिशत रह गई है

इनमें तीन हजार तीन सौ बावन सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख बीस हजार चार सौ पच्चीस मरीज ठीक हुए हैं कल रांची में तीन सौ उनहत्तर कोरोना मरीज मिले हैं कुल सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार आठ सौ बहत्तर है जबकि उनसठ मरीज डिस्चार्ज हुए हैं अब तक कुल पैंतीस हजार आठ सौ उनचालीस सक्रिय मामले आए हैं जिसमें तैंतीस हजार सात सौ आठ मरीज ठीक हो चुके हैं

पिछली बार की पहली लहर में ग्रामीण इलाकों में संक्रमण कम देखा गया था लेकिन अब दूसरी लहर में गांव में भी संक्रमण बढ़ता जा रहा है संक्रमित मरीजों को देर शाम एसएनएमसीएच के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है

पत्र में उन्होंने कहा है कि मार्च महीने में कोरोना के मामलों में वृद्वि हुई है

प्रशासन ने जिले के विभिन्न सड़कों पर चेक नाका लगाकर मास्क चेकिंग अभियान शुरु किया गया है

इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे

बहुत जल्द सभी योजनाओं का शिलान्यास किया जायेगा

मंत्री ने कहा कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र का कोई भी गांव विधायक निधि की योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रांची देवघर रांची स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन करने का निर्णय लिया है

वहीं देवघर रांची स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन आठ अप्रैल से एक जुलाई तक देवघर से खुलेगी

वहीं लोडिंग और आमदनी के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रमुख पांच रेल मंडल में धनबाद के साथ चकधरपुर में भी अपनी जगह बनायी है चकधरपुर रेल मंडल तीसरे स्थान पर है

धनबाद जिले में एना परियोजना की आउटसोर्सिंग कंपनी में मुआवजा मांगने के दौरान लाठीचार्ज और बदसल्की के मामले में झरिया इंस्पेक्टर पीके सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है धनबाद पुलिस ने टवीट कर मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी दी जैसा कि आपको मालुम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीटर के माध्यम से जिले की पुलिस को लाठीचार्ज और बदसलूकी मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था मुख्यमंत्री के आदेश के बाद वरीय पुलिस अधिकारियों ने इसकी कल जांच की झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले होमगार्ड जवानों ने कल शाम मशाल जुलूस निकाला लगभग दस हजार की संख्या में महिला और पुरुष होमगार्ड जवान मशाल जुलूस में शामिल हुए मशाल जुलूस का नेतृत्व पूर्व विधायक क्शवाहा शिवपूजन मेहता कर रहे थे धरना स्थल से मशाल जूलूस लेकर लाइन से जगरनाथपुर गोल चक्कर पहच कर होमगार्ड जवानों ने एसडीओ समीरा एस को ज्ञापन सौंपा धरना स्थल पर गुरुवार को भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रांची के सांसद संजय सेठ पहुंचे थे

कॉलेज प्रबंधन ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है छात्रों को अंतिम वर्ष की परीक्षा की सूचना के साथ कोविड जांच रिपोर्ट साथ लाने का भी निर्देश दिया गया है

कुछ राज्यों में लू चलने की भी संमावना है

पर अगले तीन महीने के दौरान प्रचंड गर्मी के कई दौर आएंगे झारखंड समेत राजस्थान हरियाणा पंजाब दिल्ली उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और ओडिशा में दिन का अधिकतम तापमान औसत से शून्य दशमलव छह दौ डिग्री तक ऊपर होगा

आज देशभर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह ने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था इसाई समुदाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं रविवार को ईस्टर के ॅसमारोह शुरू होंगे ऐसी मान्याता है कि ईस्टर के दिन ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि गुड फ्राइडे हमें ईसा मसीह के संघर्षो और बलिदानों की याद दिलाता है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ईसा मसीह का जीवन जरूरतमंदों की सेवा और रोगियों को स्वस्थ करने के प्रति समर्पित था